शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार लोगों के व्हाट्सअप संदेशों की जानकारी इक ड्वा करना चाहती है न्यायालय ने इस मामले में में सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चन्द्र चूड़ की पीठ ने एक याचिका पर ये नोटिस जारी किया है भाखड़ा बांध विस्थापितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल विधायक सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को विस्थापितों की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया और उन्होंने नई पुनर्वास नीति बनाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया इधर चंबा ज़िला के भरमौर की गैर जनजातीय पंचायतों के लोगों ने कल सांसद रामस्वरूप शर्मा को ज्ञापन सौंप कर उनसे गैर जनजातीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने कहा कि गैर जनजातीय इलाके में केंद्रीय विद्यालय खुलने से यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा मिल पायेगी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चन्द्र शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित राष्ट्र ीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्र म के तहत ये अभियान आशंका वाले चिन्हित स्थानों पर चलाया जाएगा उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर सम्भावित रोगियों के बलगम के नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजेंगे सुशील चन्द्र शर्मा ने बताया कि क्षयरोगियों का घर पर ही निशुल्क ईलाज किया जाएगा लाहौल स्पिति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केलंग में आपदा से निपटने के लिए कल एक जागरूकता व प्रशिक्षण शिविर लगाया इस दौरान विभिन्न विमागों के कर्मचारियों और वाहन चालकों को आपदा से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में जानकारी दी गई शिविर की अध्यक्षता करते हुए कार्यकारी उपायुक्त अमर नेगी ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए एक शून्य सात सात नम्बर पर फोन किया जा सकता है उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का जागरूक होना बेहद जरूरी है जिला आपदा प्रबंधन के समन्वयक प्रशांत सिंह ने बताया कि जिले में भूमि कटान सड़क दुर्घटना और हिमखण्ड खिस्कने जैसी विभिन्न प्रकार की आपदाओं की सम्मावना अधिक रहती है ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है

पंजाब केसरी की सुर्खी है हाई कोर्ट ने एमबीबीएस में दाखिले के लिए छात्रों को दी आंशिक राहत दैनिक जागरण के शब्द हैं बाहर सरकारी नौकरी करने वाले के बच्चें होंगे पात्र दिव्य हिमाचल का शीर्षक है स्टेट कोटे पर बंट गया कोर्ट अब तीसरे जज करेंगे सुनवाई हिमाचल दस्तक का कहना है बाहरी हिमाचलियों को छूट पर जजों में मतभेद बीपीएल सूची से अपात्र लोगों को हटाने और चयन प्रकिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा निर्देशों को अमर उजाला ने सुर्खी दी है आय और संपति का शपथपत्र देने पर ही बीपीएल में दर्ज होगा नाम दैनिक जागरण के शब्द है फर्जी गरीब बने तो जायेंगे जेल दैनिक सवेरा टाईम्स का शीर्षक है गरीब बनने के लिए शपथपत्र जरूरी बीपीएल में फर्जीवाड़ा रोकने को सरकार ने बदली प्रक्रिया

जबकि दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से खबर को प्रमुखता दी है फार्म हाउस हटाओ एम्स को जमीन दिलाओ मुख्यमंत्री ने कीरतपुर नेरचौक फोर लेन के निर्माण में देरी पर ऑफिसरों को लगाई फटकार खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है

अमर उजाला की एक खबर है हिमाचल की मंडियों में उधार बिक रहा सेब आढ़तियों के पास फंसे बागवानों के हजार करोड़ आपका फैसला बतौर राज्यपाल लिखता है पौध रोपण को बनाये जीवन का हिस्सा कहा हिमाचल की खूबसूरती वनों से एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय हादसों पर चिंता में लिखा है कि कांगड़ा के उपायुक्त ने बिना हैलमेट पहने दोपहिया चालकों को पेट्र ोल न देने की जो पहल की है इसके निश्चित तौर पर दूरगामी सकारात्मक परिणाम आयेगें दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में अतिक्रमण के मामलों पर अपने विचार रखे है शीर्षक है हिमाचली नाफरमानी का गैंग